बैंकों के पूर्नपंजीकरण और जल सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का आवंटन कृषि और किसानों के कल्याण के लिए आवंटन में अठहत्तर प्रतिशत की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के लिए तीन लाख अटठारह हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा बजट में दो हजार पच्चीस तक देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर बनाने की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा बजट से इक्कीसवीं सदी में भारत के विकास को बल मिलेगा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश किया बुनियादी ढांचे का विकास भारत को पांच ट्रिलियन डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना किसान कल्याण और जल सुरक्षा बजट की मुख्य बाते हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यू इंडिया की शुरूआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म परफार्म और ट्रासफार्म का सिद्वांत सफल हो सकता है उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत की बजट में अगले दशक के लिए सरकार के दस साल के विजन को भी प्रस्तुत किया गया है इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास डिजिटिल इंडिया प्रदूषण मुक्त भारत मेक इन इंडिया जल प्रबंधन और नदियों की सफाई अंतरिक्ष कार्यक्रम खाद्यान आत्मनिर्मरता और निर्यात बढ़ाने स्वस्थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बात कही गई है बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है सड़क रेल जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं भारत माला परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की जाएगी जिसके अंतर्गत देश भर में सड़क संपर्क का विस्तार किया जायेगा वित्तमंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को दुरूस्त बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सत्तर हजार करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है इससे बैंकों को पैतुक संपत्ति के मामलों से निपटने अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर प्रोत्साहित करने और उनके क्रेडिट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत इक्यासी लाख मकानों के निर्माण के साथ साथ किराए के मकानों की संख्या बढ़ाने के लिए किराएदारी कानून को अंतिम रूप देने की बात कही गई है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब दो करोड़ मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में विश्व स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वित्तमंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के लिए तीन लाख अट्ठारह हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान है किसानों के कल्याण के लिए बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं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 सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आवंटन में अठहत्तर प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर एक लाख उन्तालिस हजार करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव किया है वित्तमंत्री ने कहा कि इसमें से पचहत्तर हजार करोड़ रूपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए है निर्मला सीतारामन ने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार क्रषि और इससे सम्बद्व क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करेगी उन्होंने कहा कि मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है उर्वरकों पर सब्सिडी में लगभग दस हजार करोड़ रूपये की वृद्वि का प्रस्ताव किया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत दो हजार चौबीस तक हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत समी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन वर्षा जल संचय भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश दो हजार पच्चीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा आकाशवाणी समाचार से बात करते हए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से इस दिशा में सभी नीतिगत सुधारों के उपाय कर रही है वित्तमंत्री ने कहा है कि स्टार्ट अप कम्पनियों को कर में छूट देने का प्रस्ताव है इससे उन्हें कारोबार करना आसान होगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्व सहायता समूह में महिलाओं को कारोबार के लिए मुद्रा योजना के अन्तर्गत एक लाख रूपये दिये जायेंगे तथा उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा होगी उज्जवला योजना हो उजाला हो घर तक फ्रेसिलिटी पहचाना हो या महिला को भी बैंक अकाउंट खुलवाना हो मुद्रा में ज्यादातर लोन महिला को देना हो ये सब की वजह से आज महिला जाति नहीं मजहब नहीं महिला को समझने के इस गवरनमेंट से परफॉमर्स दिख रही है उन तक पहुंच रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट इक्कीसवीं सदी के भारत का बजट है

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को आशा और सशक्तिकरण का बजट बताया है जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है कई ट्वीटकर श्री शाह ने कहा कि बजट अर्थव्यवस्था आवास बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाता है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से प्रेरित इस बजट में लोगों के जीवनस्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने पर जोर दिया गया है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम बजट को विकासोन्मुख बताया है ये बजट सभी लोगों के लिए और देश के लिए बेहतरीन बजट है देश के विकास को पिछले पांच साल में जो गति मिली उसको आगे ले जाने वाला और सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास पाने वाला और देश को पांच लाख करोड़ डॉलरस की इकोनोमी बनाने का जो भारत ने संकल्प लिया है वो कैसे पूरा होगा उसका इसमें यथार्थ दर्शन है भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने बजट में एक लाख पांच हजार करोड़ रूपये के विनिवेश के लक्ष्य को अच्छी पहल बताया है फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि रेलवे में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन अच्छा कदम है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि मैजूदा अर्थव्यक्स्था के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में प्रभावी उपाय सुझाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बजट में कुछ नया नहीं है इस बजट में कोई विजन नहीं है इसमें कृषि विकास और रोजगार के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के आम बजट पर प्रदेश में लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की परिकल्पना की दिशा में मजबूत कदम होगा लोगों की अपेक्षा और उनकी आकांक्षायों की पूर्ति करने वाला यह बजट है समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने गांव गरीब किसान नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके कि हितों को संवर्दन करने वाला यह बजट है और हम सबके लिये गौरव की बात है कि आदर्णीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दो दरामलव सात ट्रिलियन डॉलर के इकॉनोमी बनने और बहुत शीघ्र तीन ट्रिलियन की इकॉनोमी बनने का गौरव हासिल करने जा रहा है और लक्ष्य रखा है

वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बजट को लोक लुभावन वाला बजट बताया है कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बजट से ढेर सारी उम्मीद लिये देश के आम आदमी गरीब नौजवान किसान और मजदूर को पूरी तरह निराश किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं जहां पर वह दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर आज सुबह पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे पहले पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करेगे इसके बाद वह हस्हआ पहुंचेंगे जो पंचकोसी मार्ग पर पड़ता है और वहां पर पौधा लगाकर आनंद कानन नामक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेगे मोदी इसके बाद सीधे दीनदयाल हस्तकला संक्ल जायेगे जहां वह हजारों कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अनियान की शुरुआत करेंगे इस अभियान के तहत केवल उत्तर प्रदेश में ही पार्टी की ओर से अब लाख से अधिक सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है वाराणसी से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री दशाश्वमंघ घाट के पास मौजूद मन महल घाट जायेंगे जहां वह मन मंदेर नामक आभासी अनुभूति संग्रहालय को भी देखेंगे इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपीनड्डा तथा वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहेंगे